पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा की पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने पर उन्हें प्रशासकों के हवाले करने के राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हरियाणा कौशल विकास मिशन दवारा तैयार किये गये पोर्टल की शुरूआत की

कोविड वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है याद रखना दवाई भी और कड़ाई भी यह भी याद रखना है कि बार बार हाथ धोना मास्क पहनना व दो गज की दूरी अभी भी जरूरी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि निजी क्षेत्र को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी रक्षा उपकरणों के विनिर्माण अन्संधान नवाचार और डिज़ाइन तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है

प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार रक्षा प्रौद्योगिकी एंव उपकरणों के स्वदेश में ही निर्माण को बढ़ावा दे रही है रक्षा क्षेत्र को प्रोत्साहित देने के लिए लाइसेंस व्यवस्था एवं नियम खत्म करने निर्यात संवर्धन और विदेशी निवेश को आसान बनाने के लिए नई कदम उठाये है श्री मोदी ने कहा कि आज़ादी से पहले भारत में सैंकड़ो आयूदध कारखाने थे लेकिन कई कारणों से इन्हें उतना मजबूत नहीं किया गया जिनता उनहें स्वतंत्रता के बाद किया जाना चाहिए था तेजस विमान की सफलता का हवाला देते हये प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरो की क्षमताओं पर पूरा भरोसा किया और अब तेजस विमान आसमान में उड़ान भर रहा है

हरियाणा के पंचायतों को कार्याकाल पूरा होने पर उन्हे प्रशासकों के हवाले करने के हरियाणा सरकार के आदेश को च्नौती देने वाली याचिकाओं को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है न्यायमूर्ति अनिल खेत्रपाल ने इस बाबत दायर याचिकाओं को खारिज करते हये कहा कि पंचायत का कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें आगे लगातार काम करते रहने देने का उनका कोई कानूनी अधिकार नहीं है ऐसे में इस याचिका का कोई आधार नहीं है काबिलेगौर है कि इस मामले मे सरपंचों के संगठन के प्रधान सोमेश कुमार ने एक याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया है कि हरियाणा के पंचायतों का कार्यकाल प्रा होते ही सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को पंचायतों को प्रशासक लगाने का जो आदेश जारी कर दिया है उसे चुनाव होने तक पंचायतों का काम ठप हो जायेगा यचिका में मांग की गई थी कि च्नाव होने तक मौजूदा प्रतिनिधियों को ही कार्यकारी प्रधान के नाते काम करते रहना देना चाहिए हरियाणा प्लिस ने नागरिकों से फर्जी निय्क्ति पत्र के जरिये लोगों से ठगी करने वाले जालसाज़ो से सावधान रहने का अन्रोध किया है प्लिस महानिदेशक मनोज यादव ने एक एडवज़री जारी कर कहा है कि धोखेबाज़ों द्वारा दावा किया रहा है कि उनके दवारा दिये जा रहे निय्क्ति पत्र केन्द्र सरकार के प्राधिकरणों दवारा भेजे जा रहे है इन फर्जी निय्क्ति पत्रों को बदले आवेदकों से पैसा की मांग भी की जा रही है उन्होंने कहा कि ये जालसाज़ पहले आवेदकों को फर्जी नियुक्ति पत्र भेजते है और फिर उन्हें दिये गये मोबाइल नंबर पर नाम व फाइल नंबर लिखकर एसएमएस करने को कहते है इसके बाद सिक्योरिटी के नमा पर बैंक एंव ऑनलाइन माध्यम से राशि का भ्गतान करने के लिए कहा जाता है समय पर राशि का भ्गतान न करने पर निय्क्ति पत्र रद्द करने की चेतावती भी दी जाती है श्री मनोज यादव ने आग्रह किया अगर कोई इस प्रकार दस्तावेज़ की मांग करता है तो नागरिक सावधानी से काम ले ओर ऐसे किसी भी संदिग्ध एवं फर्जी निय्क्ति पत्र प्राप्त होने की स्थिति में तुरंत प्रेलिस को सूचित करें उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधियों को खिलाफ कानून के अन्सार सख्त कार्रवाई की जायेगी हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में हरियाणा कौशल विकास मिशन दवारा तैयार किए गए स्किलिंग पोर्टल का श्भारंभ किया हरियाणा के कौशल विकास तथा औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री श्री मूलचंद शर्मा भी इस अवसर पर मौजूद रहे इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के य्वाओं के कौशल विकास के लिए इस तरह के कोर्स श्रू किए जाएं जिससे कि उन्हें रोजगार के अच्छे अवसर मिल सकें साथ ही इनका सर्टिफिकेशन श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्धौला से करवाया जाए ताकि लोगों में इन कोर्स के बारे में विश्वसनीयता बढ़े मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर जिन य्वाओं ने पंजीकरण करवाया है उनकी शैक्षणिक योग्यता के अन्रूप ऐसी चीजें सिखाई जाएं जिससे कि वे आत्मनिर्भर बन सकें

म्ख्यमंत्री ने कहा कि कौशल विकास से जुड़े कोर्सेज की समयावधि की जानकारी भी पोर्टल पर दी जाए ताकि इच्छुक युवा अपनी जरूरत व पसंद के हिसाब से कोर्स कर सकें

इसके साथ ही हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने इस तरह का पोर्टल बनाया है उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से इच्छ्क य्वा जिला स्तर पर उपलब्ध कोर्स और प्रशिक्षण केंद्र का चयन कर सकते हैं

हरियाणा के कोविड टीकाकरण उप निदेशक डॉ वरिन्द्र सिंह अहलावत ने आज पंचक्ला में यह जानकारी दी

उसके बाद अग्रिम पंक्ति के योदधाओं को वैक्सीन की द्सरी ख्राक दी जायेगी श्री अहलावत ने बताया कि उन्होंने स्वयं भी वैक्सीन की दोनों ख्राक ले ली है